बाराबंकी जिले में जहरीली शराब पीने से एक ही परिवार के चार सदस्यों सहित दस लोगों की मौत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की गहनता से जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के दिये निर्देश उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए नये सिरे से प्रयास करने का किया है आह्वान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को जनहित को शीर्ष प्राथमिकता देने के दिये निर्देश राज्य मंत्रिमंडल ने कल गोवंश संरक्षण और संवर्द्वन कोष नियमावली दो हज़ार उन्नीस को मंजूरी देने सहित सात प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्दार्थनाथ सिंह ने बताया कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हई मंत्रिपरिषद की बैठक में गोवंश संरक्षण और संवर्द्वन कोष के लिये कॉर्पस फंड के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है श्री सिंह ने बताया कि कोष का संचालन केन्द्र और राज्य सरकार की मदद के अलावा सरकारी संगठनों द्वारा दी जाने वाली राशि औद्योगिक संगठन गैर सरकारी संगठन धर्मार्थ संस्था से हासिल धनराशि मंडी परिषद से आने वाले मंडी शुल्क के दो प्रतिशत हिस्से तथा आबकारी विभाग के वार्षिक राजस्व का शून्य दशमलव पांच शून्य प्रतिशत हिस्से के तौर पर हासिल धनराशि से किया जायेगा मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम उन्नीस सौ तिहत्तर में संशोधन कर अमेठी जिले के कॉलेजों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अक्ष विश्वविद्यालय से संबद्व करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है पहले यह कॉलेज छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से संबद्व थे मंत्रिपरिषद के एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत राज्य सरकार रमाला सहकारी चीनी मिल का शत प्रतिशत वित्त पोषण करेगी पहले इस मिल का संवालन पचास प्रतिशत राज्य सरकार के अनुदान और पचास फीसद बाहरी ऋण से किया जा रहा था सरकार ने यह फैसला रिजर्व बैंक के नियमों में संशोधन के कारण बाहर के बैंकों से कर्ज लेने में कठिनाई के मद्देनज़र लिया है बैठक में गौतमबुद्ध नगर में जेवर के करीब नोएडा अतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिये किये गये भू अधिग्रहण के एवज़ में विस्थापन और पुनर्वास के लिये आठ सौ चौरानवे करोड़ रूपये मंजूर किये गये हैं श्री सिंह ने बताया कि यह धनराशि जल्द ही निजी भूमि स्वामियों को दी जायेगी ताकि जमीन के नामांतरण की कार्यवाही जल्द से जल्द पूरी हो जाये मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति विनिमय और क्रय में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कमीशन को हटाकर अंश दान शब्द शामिल कर लिया गया है कमीशन शब्द से टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती थी जिसके नतीजे में पिछले दो साल में एक करोड़ सड़सठ लाख रूपये कर के रूप में अदा करने पड़े बैठक में जिन अन्य प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है उनमें इकतीस मार्च दो हज़ार अट्ठारह को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में शराब के उत्पादन व बिक्री के मूल्य निर्धारण के बारे में सीएजी रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष रखने के लिये राज्यपाल की सहमति लेने की मंजूरी तथा दो हजार अट्ठारह उन्नीस में प्राविधिक शिक्षा और नागरिक उड्डयन विभाग में एक मुश्त बजट व्यवस्था के तहत जारी की गई स्वीकृतियों से कैबिनेट को अवगत कराना शामिल हैं बाराबंकी जिले में जहरीली शराब पीने से एक ही परिवार के चार सदस्यों सहित बारह लोगों की मौत हो गई है जबकि कई अन्य लोग बीमार हो गये हैं पुलिस महानिरीक्षक क़ानून व्यवस्था प्रवीन कुमार सिंह ने हमारे संवाददाता को बताया कि रामनगर इलाके के रानीगंज गांव में स्थित लाइसेंसी शराब की दुकान से इन लोगों ने शराब खरीद कर पी थी लेकिन घर पहुंचते पहुंचते इन लोगों की तबियत बिगड़ गई स्थानीय लोगों ने इन सबको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान एक ही परिवार के चार सदस्यों सहित बारह लोगों ने दम तोड़ दिया शराब पीने से बीमार हुए कई अन्य लोगों को ज़िला अस्पताल में उपचार के लिये भर्ती कराया गया हैं और कुछ लोगों को गंभीर हालत में लखनऊ के ट्रामा सेंटर रिफ़र कर दिया गया है घटना की गंभीरता के मद्देनज़र रामनगर के क्षेत्राधिकारी कोतवाल जिला आबकारी अधिकारी आबकारी इंस्पेक्टर सहित आठ आबकारी सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी ने बताया कि अपराधियों की तलाश में दविश दी जा रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को दो दो लाख आधिक सहायता देने की घोषणा की है इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर तथा दो कांस्टेबल के अलावा जिला आबकारी अधिकारी सहित विभाग के दस कर्मचारी निलंबित किए गए हैं आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मैं मुल्तान सिंह यादव बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक ने बताया मुख्य आरोपी सेल्समैन सहित चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का गंमीरता से संज्ञान लेते हुए आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव को मामले की गहनता से जांच कराने और दोषियों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है श्री योगी ने शराब कांड से हुई मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने ज़िलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को तत्काल घटना स्थल पर पहुंच कर प्रभावित व्यक्तियों को समुचित चिकित्सा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए नये सिरे से प्रयास करने का आह्वान किया है कल नई दिल्ली में भारतीय विदेश सेवा के दो हजार अट्ठारह बैच और भूटान के राजनयिक प्रशिक्ष् अधिकारियों से बातचीत करते हुए उन्होंने विश्व मंच पर भारत के बढ़ते महत्व का उल्लेख किया श्रष्टाचार से निपटने के लिए हाल में बनाई गई संस्था लोकपाल के लोगो और मोटो तैयार करने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई है प्रतियोगी तेरह जून तक प्रविष्टियां भेज सकते हैं इसके लिए पच्चीस हजार रूपये का पुरस्कार रखा गया है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि वह जनहित को शीर्ष प्राथमिकता देते हए सड़क प्ल और आरओबी सहित अन्य निर्माण कार्य तेज़ गति से पूरे कराये श्री मौर्य लखनऊ में लोक निर्माण विभाग सेतु निगम और राजकीय निर्माण निगम के विभागों के अधिकारियों के साथ राज्य में सड़क निर्माण इकाईयों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूरे किये जाये और सभी कार्य मानक के अनुरूप होने चाहिये श्री मौर्य ने संकेत दिया कि वह जल्द ही विशेषज्ञ टीमों के साथ निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जांच के लिये जिलों का दौरा करेंगे राष्ट्र ने स्वाधीनता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को कल उनकी जयन्ती पर श्रद्वाजंलि अर्पित किया कई राजनीतिक नेताओं ने संसद भवन के सेन्ट्रल हाल में उनके चित्र पर श्रद्वा सुमन अर्पित किये सावरकर का जन्म कल ही के दिन अट्ठारह सौ तिरासी में महाराष्ट्र में नासिक के पास हुआ था इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वीर सावरकर साहस देशभक्ति और मजबूत भारत के प्रति अटूट आस्था के प्रतीक थे जिन्होंने लोगों को राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिये प्रेरित किया गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने वीर सावरकर को श्रद्वा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि देश सावरकर के बलिदान को हमेशा याद रखेगा और उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा इधर लखनऊ में वीर विनायक दामोदर सावरकर विचार मंच ने उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें वक्ताओं ने वीर सावरकर के स्वाधीनता आन्दोलन में योगदान और उनके व्यक्तित्व तथा कृत्तिव पर प्रकाश डाला जौनपुर ज़िले के सरावां में शहीद लाल बहादुर गुप्त स्मारक पर वीर सावरकर की जयन्ती मनाई गई इस अवसर पर लक्ष्मीबाई ब्रिगेड की अध्यक्ष मंजीत कौर ने कहा कि क्रांतिकारी गतिविधियों के आरोप में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उन्नीस सौ दस में गिरफ़्तार किया था और आजीवन कारावास की सजा हुई थी लेकिन उन्नीस सौ इक्कीस में रिहा कर दिये गये थे चीन में जारी कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिये कल बहराइच के ब्लिस रिज़ार्ट से बहत्तर यात्रियों का एक जत्था रवाना हुआ इस जत्थे में दिल्ली मेरठ आगरा मुरादाबाद जौनपुर और कोलाकाता के महिला और पुरूष तीर्थयात्री शामिल है रिज़ार्ट के संचालक मनीष मल्होत्रा ने इन तीर्थ यात्रियों का पारम्परिक ढंग से स्वागत किया यह समी यात्री केलाश मानसरोवर पर तीन दिन ठहरेंगे इस दौरान इन समी यात्रियों को कैलाश दर्शन यम द्वार राक्षस ताल मानसरोवर और अष्टपद सहित कई स्थानों का दर्शन पूजन का अवसर मिलेगा